प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति कल शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए ताली या घंटी बजाकर आभार व्यक्त करने की अपील भी की है

दिशा निर्दे श भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इनमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी

परिषद ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए हैं

उन्होंने आज मनाली में एक बैठक में बताया कि चंडीगढ़ दिल्ली और हरिद्वार के लिए केवल दो दो बसों के संचालन को ही अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है गोबिंद ठाकुर ने बताया कि कुल्लू में प्रवेश करने वाले लोगों की बजौरा में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ओर कोई भी संदिग्ध जिले में प्रवेश न करे इसे लेकर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं कांगड़ा प्रशासन कांगड़ा जिले में पिछले कल दो कोरोना पॉजीटिव मामले सामने आने के बाद कांगड़ा को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में आइसोलेशन वार्डो की संख्या को सौ से बढ़ाकर पांच हजार कर दी गई है मुस्तैदी राज्य के प्रवेश द्वार परवाणू में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा मुस्तैदी के साथ हर आने जाने वाले की जानकारी ली जा रही है इसके अलावा बाहरी राज्यों से पर्यटकों को हिमाचल में आने से रोका जा रहा है सोलन से हमारे प्रतिनिधि लक्ष्मी दत्त शर्मा के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते परवाणू में लगे उद्योगों में साफ सफाई के पुख्ता प्रबंध किए गए है ऊना जिला के मैहतपुर नाके पर भी बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और अनावश्यक लोगों को रोकने के लिए पंजाब की सीमा पर दस चैक पोस्ट स्थापित की है

चंबा किन्नौर मंडी कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए चंबा जिला के साथ लगती कांगड़ा जिले की सीमा पर पूरी तरह नाकाबंदी कर दी गई है

उन्होंने कहा कि जिले में जनता कफ्यू में कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी उधर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जनता कफ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लाऊड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र ने बताया कि जनता कफ़र्यू के दौरान कल दवाईयों व अन्य जरूरी सेवाओं के अलावा सभी बाजार बंद रहेंगे बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में कोरोना वायरस को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते भाजपा ने अपनी सभी जिला व मंडल स्तर की बैठकों को स्थगित कर दिया है राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्त्ता केवल फोन या व्हाट्स एप के माध्यम से कार्य करेंगे